कार्यकम का शुभारम्भ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह अभियान थानों में मात्र हेल्प डेस्क बनाने तक सीमित नहीं होगा बल्कि हर थाने में अलग से ट्रांसपैरेंट रूम बैठन की उचित व्यवस्था सीसी टीवी कैमरे और कम्प्यूटर सुविधाओं से लैस कर महिलाओं की सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन को सुनिश्चित किया जायेगा वाराणसी में वर्चुअल माध्यम से महिला हेल्प डेस्क के लोकार्पण के बाद उन्होंने कहा कि इस अभियान की सफलता तभी है जब महिला इसे संचालित करें उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति अभियान का उददेश्य समाज के लोगों को आगे बढ़ाना है और जन जन की जिम्मेदारी महिला सुरक्षा की होनी चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं की समस्याओं के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और उनका समाधान निकले इस दृष्टि से महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जा रही है मेरठ में भी आज महिला हेल्प डस्क की शुरूआत की गयी एक रिपोर्ट डिस्पैच मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत आज मेरठ सदर थाने समेत मेरठ रेंज के सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क शुरू कर दी गई हैं मेरठ सदर थाने में महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ सांसद राजेंद्र अग्रवाल राज्यसभा सांसद कांता कर्दम कैंट विधायक सत्य प्रकाश अग्रवाल कमिश्नर अनीता सी मेश्राम एडीजी मेरठ जोन राजीव सब्बरवाल आईजी मेरठ रेंज प्रवीण कुमार ने किया राज्यसभा सांसद कांता कदम ने कहा कि पूरे प्रदेश में महिला हेल्प डेस्क बनाना माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बहुत ही सराहनीय कदम है सभी महिलाएं अपने को सुरक्षित महसूस कर रही हैं यह महिला हेल्प डेस्क महिलाओं के लिए एक अच्छी पहल है सदर थाने में अपनी समस्या लेकर आई महिलाओं ने भी मुख्यमंत्री के इस कदम की सराहना की और कहा कि अब वह अपने मन की बात प्ररी तरह से महिला पुलिसकर्मियों को बताएगी और उन्हें भी अब सुरक्षित महसूस हो रहा है संगीता श्रीवास्तव आकाशवाणी समाचार मेरठ अन्य जनपदों से भी थानों में महिला हेल्प डेस्क शुरू होने के समाचार हैं प्रदेश में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में लोक सेवा आयोग से चयनित तीन हजार तीन सौ सत्रह सहायक अध्यापकों को आज नियुक्ति पत्र वितरित किये गये लखनऊ में वर्चुअल माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरण कार्यकम का शुभारम्भ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी पूंजी है कि अपने युवाओं को पूरी शुचिता ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ चयन की प्रकिया पूरी करते हुए उन्हें शासन में यथायोग्य सेवा का अवसर दे सकें उन्होंने कहा कि पिछले तीन सालों में सरकार ने तीन लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दी हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि नवचयनित अध्यापकों में जो ऊर्जा और उत्साह है वहीं समाज की सही ताकत है और यह ताकत हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी और निरंतर आगे बढायेगी विभिन्न जनपदों में नियुक्ति पत्र जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों द्वारा वितरित किये गये सिद्धार्थनगर जिले में एक विशेष कार्यक्रम में नवनियुक्त अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किये गये इस अवसर पर स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल विधायक श्याम धनी राही और जिलाधिकारी दीपक मीणा उपस्थित रहे इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जगदम्बिका पाल ने कहा कि पिछले साढ़े तीन सालों में प्रदेश सरकार द्वारा तीन लाख से अधिक यूवाओं को सरकारी रोजगार दिया जाना यह दर्शाता है कि सरकार यूवाओं के भविष्य और रोजगार का लेकर काफी सकारात्मक कदम उठा रही हैं और सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति यह दर्शाती है कि सरकार शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिये संकल्पित है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

एक टवीट में श्री मोदी ने कहा कि मन की बात जीवन के विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य करने वाले नागरिकों को अपनी प्रेरणास्पद जीवन यात्रा के बारे में चर्चा करने और सामाजिक परिवर्तन के मुद्दों पर बातचीत का शानदार अवसर उपलब्ध कराता है

इस कम्प्यूटर एप्लिकेशन में पहले से ही सुरक्षित डिजिटल इमेज का चेहरे से मिलान हो पाएगा

इस नई चेहरा पहचान प्रणाली से विदेशी विद्यार्थियों को काफी मदद मिलेगी इस प्रणाली से उन विद्यार्थियों को भी फायदा होगा जो आधार कार्ड या गलत मोबाइल नंबरों से डिजी लॉकर खोल नहीं पाते हैं

प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लोगों को आगाह करते हुए कहा है कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है इसलिए सावधानी बरतना आवश्यक है बाइट भारत ने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पर सफलतापूर्वक नियंत्रण प्राप्त किया हमारे ठीक होने वाले लोगों की दर काफी उत्साहजनक है लेकिन फिर भी इसका मतलब यह नहीं कि महामारी का खतरा टल गया है हम सभी को कोरोना से बचने के लिए बताये गये सभी उपाय जैसे मास्क का इस्तेमाल करना सोशल डिस्टेंसिंग और बार बार हाथ धोने की आदत डालनी होगी जब तक बहुत जरूरी न हो भीड़ में न जायें सदैव याद रखें जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं महासप्तमी पूरे प्रदेश में धार्मिक श्रद्धा आर उल्लास के साथ मनाई जा रही है कोविड महामारी के मद्देनजर उत्सव के दौरान स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है मिर्जापुर नौ दिवसीय शारदीय नवरात्रि मेला अपने चरम पर है हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोट डिस्पैच माँ विंध्यवासिनी के धाम विंध्याचल मे चल रहे शारदीय नवरात्र मेले मे आज बड़ी संख्या मे श्रधालु पहुँचे हुए है चारो तरफ माँ के जय जयकारे की आवाज गूँज रही है मेले मे महिला पुरूष बच्चे वृद्ध सभी माँ विन्ध्यवासिनी का दर्शन प्रजन कर त्रिकोण परिक्रमा पूरी कर रहे हैं आज रात महानिसा की पूजा मे हिस्सा लेने के लिये बड़ी संख्या में साधु और तान्त्रिक रामगया घाट व चीत्वा खोह मे इकठ्ठा हैं अष्टमी तिथि को देखते हुए मेला क्षेत्र मे सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये गये है महानिशा की पूजा के मद्देनजर रामगया घाट व चीत्वा खोह मे विशेष सुरक्षा के साथ अलास्का लाइट की व्यवस्था की गयी है उधर हलिया के शीतला माता मंदिर पर भी दर्शनार्थियों की भारी भीड़ इकटठा है

स्वदेश में विकसित कोरोना के टीके कोवैक्सीन को तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण की मंजूरी मिल गई है इस टीके को भारत बायोटेक कम्पनी ने भारतीय आयूर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से विकसित किया है